शारदीय नवरात्र पर मां दूर्गा के ब्रहमचारणी स्वरूप की आज हो रही है आराधना प्रमुख शक्ति पीठों में भक्तों की भीड़

खींवसर सीट से आज कांग्रेस के प्रत्याशी हरेन्द्र मिर्घा ने नामांकन भरा नामांकन दाखिल करते समय कांग्रेस के कई नेता उनके साथ थे गौरतलब है कि इस सीट पर भाजपा के सहयोगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार नारायण बेनीवाल से मिर्धा का सीधा मुकाबला होगा दूसरी ओर मंडावा में कांग्रेस प्रत्याशी रीटा चौधरी और माजपा की प्रत्याशी सुशीला सीगडा ने भी आज नामांकन दाखिल किया

उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि नगर निकायों के अध्यक्ष के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव के बारे में फैसला आम राय के बाद लिया जायेगा

राज्य सरकार ने आदेश जारी कर विभिन्न विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के बडे स्तर पर तबादले किये है

डॉक्टर के के शर्मा को जन स्वास्थ्य निदेशक के पद पर नियुक्ति दी गई है सरकार ने आबकारी विमाग और राज्य वन सेवा के अधिकारियों के भी तबादले किये है अल्पसंख्यक मामलात वक्फ और जन अभियोग निराकरण मंत्री सालेह मोहम्मद ने कल जैसलमेर की ग्राम पंचायत चेलक नगराजा और भू गांवों का भ्रमण कर जनसुनवाई की उन्होंने क्षेत्र की पीने के पानी और बिजली आपूर्ति तथा चिकित्सा व्यवस्थाओ के बारे में ग्रामीणों से फीडबैक लिया ग्रामीणों ने टिड्डी दल से हुए फसल खराबे और नुकसान का मुआवजा दिलाने के संबंध में मांग की मंत्री ने कहा कि फसल नुकसान का आकलन पॅटवारियों और कृषि विमाग के पर्यवेक्षकों से करवाया जाएगा उन्होंने यह भी विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार स्तर पर उनको मुआवजा दिलाने की कार्रवाई की जाएगी यूनीसेफ के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि मोदी सरकार के स्वच्छ भारत अभियान ने दुनिया के सामने एक सफल कार्यक्रम का उदाहरण प्रस्तुत किया है और इससे भारतीय समाज के साफ सफाई के प्रति व्यवहार में भारी बदलाव हुआ है एक समाचार एजेंसी से बातचीत में यूनीसेफ में भारत साफ सफाई के प्रमुख निकोलस ओसंबर्ट ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान की सफलता का असर विश्व स्तर पर पड़ा है

वाइस एयर मार्शल राकेश कुमार भदौरिया कल देश के नये वायुसेना प्रमुख पद की शपथ लेंगे वे वर्तमान वायुसेना प्रमुख बी एस धनोआ का स्थान लेंगे जो आज सेवानिवृत्त हो रहे है इससे पहले आज बी एस धनोआ ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाकर मातृभ्मि की रक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी उन्होंने युद्ध स्मारक पर रखी पुस्तिका में शहीदों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए अपना संदेश भी लिखा बी एस घनोआ तीनों सेनाओं के प्रमुखों की समिति के अध्यक्ष रहे और उनके कार्यकाल में ही वायु सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के निकट बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक कर आंतकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए जैसलमेर के राजेंद्र सिंह का आज उनके पैतूक गांव मोहनगढ में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया राजेन्द्र सिंह की पार्थिव देह आज मोहनगढ लाई गई थी अंत्येष्टी में बडी संख्या में जनप्रतिनिधि प्रशासनिक और सैन्य अधिकारी तथा आमजन शामिल हुए शारदीय नवरात्र के आज दूसरे दिन मॉ दूर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रहमचारणी माता की अराधना की जा रही है जयपुर सहित प्रदेश में घटेस्थापना के साथ ही मंदिरो में श्रद्धालुओ का तांता लगा हुआ है जयपुर में शिला माता जमवाय माता मंदिरो में आज भी सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारे देखी जा रही है वहीं बीकानेर के देशनोक में करणी माता मंदिर करौली की कैला देवी जालौर की सुण्धा माता सहित सभी प्रमुख मंदिरा में विशेष अनुष्ठान किये जा रहे है नवरात्र सात अक्टूबर तक चलेंगे आठ अक्टूबर को दशहरा के दिन देवी प्रतिमाओं का विसर्जन किया जायेगा नवरात्र के साथ ही कई स्थानों पर रामलीला मंचन का दौर भी शुरू हो गया है इस वर्ष मानसून के दौरान हुई अच्छी बरसात से देश के अनेक बाघ अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों में पर्यटन कार्य को आगामी दिनों के लिये बंद करने के आदेश दिये गये हैं

प्रदेश में कल राजधानी जयपुर सहित अनेक स्थानों पर तेज बारिश हुई हनुमानगढ़ जिले में देर शाम तेज आंधी के बाद भारी बरसात का दौर शुरू हुआ जो आज सुबह तक जारी रहा मौसम में एकाएक आए बदलाव से तापमान में गिरावेट औई है वहीं बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है

बांसवाडा जिले में कल एक घंटे तक झमाझम बारिश हुई